लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का अखिरी दिन पहले चरण में कल अंतिम दिन तक कुल एक सौ छियालिस प्रत्याशियों ने किया नामांकन केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस पार्टी के सबसे गरीब परिवारों को बहत्तर हजार रूपये सालाना देने के वायदे को धोखा बताया जबकि राहल गांधी ने कहा यह गरीब तबके को न्याय दिलाने के लिए है उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से मुलायम सिंह और उनके पूत्रों अखिलेश यादव तथा प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच रिपोर्ट दो हफ्ते के भीतर सौंपने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदाओं से लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में देशभर के मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहें उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्र के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा श्री मोदी ने खेलकूद मीडिया और बॉलीव्ड से भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने मतदाता जागरूकता के नवाचार अभियानों में लगे लोगों से हैशटेग वोट का उपयोग कर अपने अनुभवों का ब्यौरा साझा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि हर एक को अधिक से अधिक संख्या में मतदान सुनिश्चित कराने का प्रयास करना होगा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि इस चरण में अब तक कुल तैंतालिस उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं कल चालिस नामांकन दाखिल हुए दूसरे चरण में अमरोहा अलीगढ़ मथुरा और फतेहपुर सीकरी सीटों के साथ नगीना सुरक्षित बुलन्दशहर सुरक्षित हाथरस सुरक्षित और आगरा सुरक्षित सीट पर अठ्ठारह अप्रैल को मतदान होगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पर्चे भरने का कल अंतिम दिन था नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी उम्मीदवार अट्ठाईस मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं पहले चरण में बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इक्यानवे निर्वाचन क्षेत्रों में ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे प्रदेश में पहले चरण में जिन आठ सीटों के लिए मतदान होगा उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर विजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर शामिल हैं मथुरा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थित में अपना पर्चो दाखिल किया इस अवसर पर एक चुनावी सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जो काम अन्य दलों के द्वारा नहीं किये जा सके वे सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करके दिखाये हैं उन्होंने कहा कि भाजपा से प्रभावित होकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं

मुजफुफरनगर में भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष तथा सपा बसपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार अजीत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया यहां कुल बाईस लोगों ने नामांकन दाखिल किये हैं कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है बागपत सीट से केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष तथा सपा बसपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी जयंत चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है इस अवसर पर डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा कि भाजपा का मुद्दा देश को सुरक्षा देकर मजबूत करना है वहीं जयंत चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हए कहा कि वह युवाओं और किसानों के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे बिजनौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी क्वर भरतेन्द्र सिंह ने अपना पर्चो दाखिल किया वहीं बिजनौर से कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना नामांकन भरा कांग्रेस प्रत्याशी ने गरीब किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने की बात कही वहीं भाजपा प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश का सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आज गरीब मजदूर और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मशहूर फिल्म अमिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी ने मथुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया अन्य भाजपा प्रत्याशियों ने भी अपने पर्वे दाखिल किये जिनमें गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह बिजनौर से कुंवर भारतेन्द बागपत से सत्यपाल सिंह मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और आगरा से एस पी सिंह बघेल शामिल हैं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौचरी ने भी मुजफ्फरनगर और बागपत सीटों से नामांकन दाखिल किया कांग्रेस प्रत्याशियों बिजनौर से नसीयूदीन सिद्दीकी और नगीना से ओमवती ने भी अपने अपने पर्चे दाखिल किए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ ग्यारह अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए कल मेरठ में तेरह प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया अब यहां नामांकन करने वालों की कुल संख्या पन्द्रह हो गयी है सहारनपुर में सोलह कैराना में दस मुजफ्फरनगर में बीस बिजनौर में पन्द्रह बागपत में बारह गाजियाबाद में बीस गौतम बुद्वनगर में सत्रह प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के न्यूनतम आय गारन्टी च्नावी वायदे को धोखा बताया है श्री गांधी ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर गरीब तबके के बीस प्रतिशत परिवारों को सालाना बहत्तर हजार रुपये की न्यूनतम आमदनी दिलायेगी जेटली ने आरोप लगाया कि गरीबी उन्मूलन के नाम पर नारे देकर लोगों को धोखा देना कांग्रेस का इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का एक ऐतिहास गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है

श्री जेटली ने प्रधानमंत्री किसान योजना मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत एन डी ए सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों की जानकारी दी

नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया कि इस योजना से पांच करोड़ परिवारों के पच्चीस करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा

अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि ये इस मामले में जांच की वर्तमान स्थिति से पीढ को दो सप्ताह के भीतर अवगत कराएं उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल वीवीपैट सैंपल सर्वे की संख्या एक से अधिक किए जाने के बारे में ब्रहस्पतिवार तक जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने इस बारे में दृहस्पतिवार शाम चार बजे तक जवाब पेश करने को कहा है

कल नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित वित्तीय टैक्नोलॉजी कॉनक्लेव फिनटेक के उद्घाटन समारोह में श्री दास ने कहा कि हाल के एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फिनटेक अपनाने में बावन प्रतिशत की दर के साथ दूसरी रैंकिंग दी गई है देश में काम कर रही एक हजार दो सौ अट्ठारह फिनटेक कंपनियों ने बड़ी संख्या में रोजगार के मौके उपलब्ध कराए हैं ये निवेश के लिए भी बढ़िया माहौल तैयार कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में कल चार हैवीलिफ्ट चिनूक हैलीकॉप्टर विधिवत् शामिल किये गये एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने कल चण्डीगढ़ के वायुसेना बेस में आयोजित समारोह में यह घोषणा की चिनूक हैलीकॉप्टर चण्डीगढ़ के वायु सेना स्टेशन बारह विंग में तैनात किये जाएंगे इस अवसर श्री धनोआ ने कहा कि ये हैलीकॉप्टर सीधे ऊपर उठ सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में भारी वजन उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि देश की विविध सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सीधे ऊपर उठने की क्षमता जरूरी है प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान में अब तक कुल पच्चीस लाख इकसठ हजार चार सौ ग्यारह वॉल राइटिंग पोस्टर्स बैनर्स सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों को सार्वजनिक और निजी स्थानों से हटा दिया गया है हटाई गई सामग्री में सार्वजनिक स्थानों के एक लाख अट्ठाइस हजार एक सौ साठ वॉल राइटिंग नौ लाख बावन हजार तीन सौ पचहत्तर पोस्टर्स चार लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पचास बैनर्स शामिल हैं